कोविड महामारी से देश एकजुट होकर लड़ रहा है आप भी हमारे साथ स्रक्षा और बचाव के तीन आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें

अरविंद पांडे ने संस्कृत में शपथ ली

मोतीचूर फ्लाईओवर बनने से हाथियों का गलियारा भी अपनी पूरानी अवस्था में आ गया है चीला से मोतीचूर कॉरिडोर का हाथियों के साथ ही अन्य वन्य जीव भी इस्तेमाल करने लगे हैं इससे मानव और वन्य जीवों के बीच संघर्ष की संभावनाओं में कमी आयी है

इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत की उपलब्धि न सिर्फ भारत के लिए बल्कि सम्ची मानवता के लिए लाभदायक है उन्होंने सम्पूर्ण मानव जाति के लिए नई आशा का संचार किया प्रधानमंत्री आजादी का अमृत महोत्सव के संबंध में विभिन्न गतिविधियों के शुभारंभ और ग्जरात में साबरमती आश्रम से दांडी तक की पदयात्रा के श्रूआत के अवसर पर जन समूह को संबोधित कर रहे थे

उन्होंने कहा कि नमक आत्मनिर्भरता का प्रतीक है महात्मा गांधी ने देश के दर्द को महसूस किया और नमक सत्याग्रह के रूप में लोगों की नब्ज को समझा इसलिए वह आंदोलन जन जन का आंदोलन बन गया था प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के विकास से दुनिया के विकास को भी प्रोत्साहन मिलेगा अमृत महोत्सव देहरादून म्ख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आत्मनिर्भर भारत की जो कल्पना की थी उसे मोदी सरकार पूरा करने का कार्य कर रही है

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश की आजादी के लिए आज ही के दिन नमक सत्याग्रह श्रू किया था उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा जिन्होंने आजाद भारत में जन्म लिया वो सौभाग्यशाली हैं लेकिन जिन्होंने इस देश को आजादी दिलाई उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी उन्होंने कहा कि वीर सावरकर भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस खुदीराम बोस जैसे अनेक क्रांतिकारियों के आजादी के लिए किए गए संघर्ष हम सबको प्रेरित करते रहेंगे इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने देश की आजादी से संबंधित विभिन्न स्मृतियों पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया सूचना और प्रसारण मंत्रालय और राज्य सरकार के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत पत्र सूचना कार्यालय के अपर महानिदेशक नरेंद्र कौशल ने किया

आज स्बह साइकिल रैली और मैराथन के अलावा रैली खादी ग्रामोद्योग द्वारा प्रदर्शनी भी लगायी गयी स्थानीय स्टेडियम में मैराथन और साइलिक रैली हुई जिसे जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया इसके बाद रैमजे इण्टर कालेज में हए खादी ग्रामोद्योग दवारा प्रदर्शनी लगायी गयी इसके अलावा संस्कृति विभाग ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के छाया चित्रों की प्रदर्शनी लगायी कार्यक्रम के दौरान क्ली बेगार प्रथा पर न्क्कड़ नाटक का मंचन भी किया गया इसके साथ ही विभिन्न विद्यालयों में निबन्ध पेटिंग जैसी प्रतियोगिताएं भी आयोजित हुई जिलाधिकारी ने कहा कि इस कार्यक्रम का म्ख्य उद्देश्य स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों को याद करना है उन्होंने कहा प्रदेश में दो जिलों में यह कार्यक्रम हआ जिसमें अल्मोड़ा जिला भी शामिल है जो एक गर्व की बात है